छतरपुर की सभा में सागर संभाग के छतरपुर सहित पन्ना और टीकमगढ़ जिलों के सभी भाजपा प्रत्याशी शामिल होगें प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी पहली बार छतरपुर आ रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं इस दौरान वे विदिशा रायसेन सीहोर सागर दमोह और टीकमगढ़ जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह भी विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे

इन कम्पनियों को जिलों के संवेदनशील इलाकों में फ्लेग मार्च अन्तर्राज्यीय नाकों पर जांच पेट्रोलिंग ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट की सुरक्षा में तैनात किया गया है उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की बजाए मतपत्रों से कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ एक गैर सरकारी संगठन के इस तर्क से सहमत नहीं थी कि ईवीएम का दुरूपयोग किया जा सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि हर व्यवस्था में मशीन का उपयोग और दुरूपयोग हो सकता है और सभी जगह आशंकाएं बनी रहेंगी

निष्कासित किए जाने वाले प्रमुख लोगों में पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी के पुत्र और छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नितिन चतुर्वेदी बिजावर विधानसभा से उम्मीदवार राजेश शुक्ला महाराजपुर विधानसभा से उम्मीदवार राजेश मेहतो और अनवरी खातून सहित कांग्रेस कमेटी की छतरपुर जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष जगदीश शुक्ला शामिल है ब्रेल लिपि मतदाता पर्ची भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में पहली बार दिव्यांग मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिये ब्रेल फोटो युक्त मतदाता पर्ची तैयार की गई है विधानसभा चुनाव में ब्रेललिपि पढ़ने वाले मतदाताओं को सामान्य फोटो मतदाता पर्ची के साथ ब्रेल लिपि में तैयार मतदाता पर्ची भी वितरित करवाई जा रही है ब्रेल वोटर पर्ची में नाम मतदाता सरल क्रमांक मतदान केन्द्र एवं विधानसभा क्षेत्र की जानकारी होगी स्वीप अभियान इन्दौर में नागरिकों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है

श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते रहे हैं उन्होंने कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ अपने विचार साझा किये हैं वहीं योग के लाभ की चर्चा की है और इसे स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण बताया है

मीडिया समूह की निर्वाचक सहभागिता सुगम मतदान हेतु मतदाता जागरूकता निर्वाचन प्रणाली के संबंध में मतदाताओं की शिक्षा और आम जनता के बीच मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यो के आधार पर प्रिन्ट मीडिया इलेक्ट्रानिक रेडियो और सोशल मीडिया द्वारा विशेष कार्य करने पर यह पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे

सुगम्य एप सुगम्य एप में अब गर्भवती एवं धात्री महिलाएं भी अपना पंजीयन करा सकती हैं पंजीयन होने पर गर्भवती महिलाओं को मतदान केन्द्र पर बिना लाइन में लगे मतदान की सुविधा मिलेगी सुगम एवं समावेशी मतदान में क्यूलेस मतदान सुविधा के लिये योजना का विस्तार करते हुए पोर्टल एवं मोबाईल एप में पंजीयन होने पर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को सुगम्य पास की सुविधा प्रदान की जायेगी

कार्तिक पूर्णिमा को सिक्खों के पहले गुरू गुरूनानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है इस वर्ष ग्रूनानक देवजी की पांच सौ उन्वासवी जयंती मनायी जा रही है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में प्रदेश के लोग नदियों और जलाशयों में स्नान के बाद दान पुण्य करेंगे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं श्रीमती पटेल ने अपने संदेश में कहा है कि गुरूनानक देव ने विश्व में शान्ति एकता और सद्भाव का संदेश दिया है

छठा विश्व खिताब जीतने के लिए शनिवार को मैरीकॉम का सामना युक्रेन की हन्ना ओखोटा से होगा

मैरीकॉम अगर खिताब जीतने में सफल होती हैं तो यह नया विश्व रिकॉर्ड होगा अभी वह आयरलैंड की कैटी टेलर के साथ पांच विश्व खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी पर हैं

वहीं जिले में मतदाता पर्चियों और मतदान गाईड का वितरण घर घर जाकर किया जा रहा है